रायसेन और भोपाल जिले के चयनित स्कूलों में लागू होगी कक्षा साथी परियोजना भारत और बांग्लादेश के बीच इन्दौर के होलकर स्टेडियम में पहला किकेट टेस्ट मैच कल से मोदी ब्रजील प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो दिन की विदेश यात्रा पर आज बाजील पहंच रहे हैं वे वहां ग्याहरहवें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और द्विपक्षीय बैठकों के अलावा ब्रिक्स व्यापार परिषद तथा न्यू डेवलेपमेंट बैंक के साथ वार्तालाप करेंगे ब्रिक्स सम्मेलन के सिलसिले में विभिन्न क्षेत्रों से सम्बद्ध मंत्रिस्तरीय बैठकें पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं ब्राजील रूस भारत चीन और दक्षिण अफ्रीका के संगठन ब्रिक्स के भविष्य के लिए आर्थिक विकास और नवाचार इस वर्ष के सम्मेलन का मुख्य विषय है ब्राजील की अध्यक्षता में इस वर्ष सम्मेलन की प्राथमिकताओं में विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार और डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग सीमापार अपराधों के खिलाफ संघर्ष मनी लॉडरिंग और न्यू डेवलेपमेंट बैंक तथा ब्रिक्स व्यापार परिषद के बीच सम्बंध बढ़ाना जैसे विषय शामिल हैं इस ्वर्ष ब्रिक्स इंस्टीयूट्यूट ऑफ फ्यूचर नेटवर्क और महिला उद्यमियों के लिए व्यापारिक गठबंधन की स्थापना की जाएगी महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है राज्य विधानसभा निलम्बित रखी गयी है इससे पहले राज्यपाल भगतसिंह कोश्याारी ने केन्द्र को भेजी रिपोर्ट में कहा था कि तमाम प्रयासों के बावजूद राज्य में कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है

कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि उन्होंने शिवसेना के सरकार बनाने के प्रस्ताव पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कल राष्ट्रपति को भेजी राज्यपाल की रिपोर्ट पर विचार किया राज्यपाल ने कहा है कि उन्होंने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का न्यौंता दिया लेकिन उन्हें अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार गठन में सफलता नहीं मिली उच्चतम न्यायालय फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आयेगा अथवा नहीं इस बारे में आज उच्चतम न्यायालय अपना फैसला देगा मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई न्यायमूर्ति एनवी रमन डी वाई चन्द्रचूड दीपक ग्रप्ता और संजीव खन्ना की संविधान पीठ उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनायेगी ऊर्जा परियोजना नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हर्ष यादव ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश में अधिक से अधिक पवन ऊर्जा परियोजनाएं कियान्वित की जायें उन्होंने बताया कि राज्य शासन पवन ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए तत्पर है श्री यादव ने कल पवन ऊर्जा परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में समुद्र तटीय प्रांतों की तुलना में वायु का वेग कम है इसलिए पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए अन्य संभावनाओं का पता लगाया जाना जरूरी है उल्लेखनीय है कि इस समय प्रदेश में करीब ढ़ाई हजार मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित है और प्रदेश में दस हजार मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की संभावनाएं मौजूद है

इस बारे में महिला बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किये हैं निर्देश में कहा गया है कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर बाल दिवस मनाया जाये और प्रत्येक परियोजना मुख्यालय पर बालरंग मेले का आयोजन किया जाये बालरंग मेले के दौरान बच्चों के लिए विभिन्न रूचिकर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा और बच्चों को पुरस्कार दिये जायेंगे

इस परियोजना में रायसेन जिले के सात और भोपाल जिले के पांच शासकीय विद्यालयों को दक्षिण कोरिया की टेग हाइव संस्था के सहयोग से प्रारंभ की जा रही कक्षा साथी परियोजना में शामिल किया गया है यह परियोजना स्कूली शिक्षा में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उपयोगी साबित होगी परियोजना से छात्रों का रियल टाइम मुल्यांकन किया जा सकेगा इसके लिए मोबाइल ऐप और क्लीकर का उपयोग कर शिक्षक पाठ पढ़ाने के बाद छात्रों का तुरन्त मूल्यांकन कर सकेंगे इस ऐप पर पाठ्यक्रम से संबंधित विषयवस्तु के बहुविकल्पीय प्रश्नों को शिक्षक छात्रों से पूछेंगे और छात्र उनका जवाब क्लीकर के माध्यम से तुरन्त देंगे शिक्षक दिये गये जवाब के माध्यम से यह जान सकेंगे कि पढ़ाये गये पाठ को छात्रों ने कितना सीखा और कितने छात्रों ने सही जवाब दिया इस प्रायोगिक परियोजना का संपूर्ण व्यय सीएसआर के तहत विभिन्न कंपनियों द्वारा वहन किया जायेगा

विभिन्न द्वतावासों ने गुरू नानक देव के जीवन और कार्यो के बारे में व्याख्यान आयोजित किए और प्रर्दशनियां तथा वृत्तचित्र प्रदर्शित किए भारतीय दूतावासों ने इस मौके पर कई विशिष्ट कार्यक्रम जैसे वृक्षारोपण गुरबाणी पर आधारित अरदास और चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया यूनेस्को गुरू नानक देव जी की शिक्षाओं का कई अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद करने में सहयोग कर रहा है

निधन भारतीय सुचना सेवा के अधिकारी सुदीप बनर्जी का आज कोलकाता में लम्बी बीमारी के बाद निधन हो गया

सुदीप बनर्जी ने दिल्ली और कोलकाता में आकाशवाणी समाचार में काम किया इसके अलावा वे सूचना और प्रसारण मंत्रालय की कई अन्य मीडिया इकाईयों में भी कार्यरत रहे थे किकेट भारत और बांग्लादेश के बीच इन्दौर के होलकर स्टेडियम में कल से पहला किकेट टेस्ट मैच प्रारंभ होगा इसके लिए आज दोनों टीमें अलग अलग समय पर अभ्यास सत्र में शामिल होंगी इस मैच को लेकर खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेष इंतेजाम किये हैं

श्री कमलनाथ ने टीम के सभी सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएँ देते हुए अपेक्षा की कि वे अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से मध्यप्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे

जिसमें शासकीय महाराणा प्रताप हायर सेकेण्डरी स्कूल भोपाल के छात्र विकास पाण्डे और सीहोर के सुयश कनोजिया शामिल किए गए हैं

उन्होंने कहा कि खेलों से शरीर और मन स्वस्थ रहते हैं

वे इन्दौर में अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे

इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर चार पेट्रोल संचालकों के विरूद्व जुर्माना किया गया